श्री मोदी इस दौरान केन्द्र सरकार द्वारा संचालित उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री आवास योजना मुद्रा योजना और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लाभार्थियों से सीधी मुलाकात करेंगे

वहीं प्रधानमंत्री राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री राजश्री योजना भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना स्कूटी वितरण योजना पालनहार योजना दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना और श्रमिक डायरी पंजीकरण के लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे

श्री मोदी दोपहर करीब एक बजे जयपुर हवाई अड्डा पहुंचेंगे और सेना के हेलीकॉप्टर से सवाई मानसिंह स्टेडियम पहुंचकर लगभग सवा बजे अमरुदों का बाग मैदान में योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद और जनसभा को संबोधित करेंगे इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर तीन बजकर बीस मिनट पर जयपुर हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना होंगे हमारे जयपुर संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के मददेनजर सुरक्षा के व्यापक इन्तजाम किये गये हैं सभा स्थल पर लाभार्थियों को किसी तरह का बैग पैकेट और बोतल ले जाने की अनुमति नहीं होगी

दूसरी ओर पुलिस ने शहर में यातायात और वाहन पार्किंग के भी विषेष प्रबंध किये हैं

उन्होंने कहा कि यातायात पर निगरानी के लिए पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा प्रदेशभर में मौजूद विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री की सभा में शामिल होने के लिए लाभार्थी जयपुर के लिए रवाना हो गए है

न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसपी शर्मा ने कल इस मामले पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि परीक्षा के समय परीक्षार्थी किसी तनाव में न रहे इसलिए यह आदेश दिया गया है परीक्षा का आगामी तिथी बाद में घोषित की जाएगी

राजस्थान के सौ अस्पतालों में शुरू हई इस सुविधा का सबसे ज्यादा लाभ जून माह के दौरान हनुमानगढ़ जिला अस्पताल के मरीजों को मिला है

रोगियों को जयपुर में बैठे अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मिल रही है

श्री देवनानी कल जयपुर में आयोजित तीसरी ऑल इण्डिया मीडिया एजूकेटर्स कान्फ्रेन्स में बोल रहे थे